राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से किया सम्मानित शिमला से डॉक्टर ओमेश भारती पुरस्कृत जल प्रबंधन निगम शिमला के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल ने कहा शिमला शहर के न्यू शिमला इलाके में की जा रही है स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और लाहौल स्पीति जिले की म्याड़ घाटी में भारी बर्फबारी के चलते पिछले एक महीने से विद्युत व संचार व्यवस्था ठप्प लोगों की मुश्किलें बढ़ीं देवेश कुमार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने युवाओं से चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़कर योगदान देने का आहवान किया है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि युवाओं की किसी भी जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है देवेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान व चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी

राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम पुरस्कार प्रदान किए अभिनेता मनोज वाजपेयी पर्वतारोही बछेन्द्री पाल क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया वहीं दीन दयाल उपाध्याय शिमला के डॉक्टर ओमेश भारती को भी एंटी रेबीज प्रोटोकॉल के लिए पदम श्री पुरस्कार से नवाजा गया ओमेश भारती प्रदेश के पहले ऐसे डॉक्टर है जिन्हें सेवाकाल के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया है

आउट रीच भारत सरकार के सुचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउट रीच ब्यूरो हमीरपुर के सौजन्य से आज नादौन खंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रैल में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया जिला निर्वाचन आयोग और आईटीआई के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को मतदान व मताधिकार की विस्तृत जानकारी दी गई

मोबाइल ऐप कुल्लू जिले में लोगों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने आज स्वीप कुल्लू मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता हेल्पलाइन एक नौ पांच शून्य को भी इससे जोड़ा गया है युनूस ने कहा कि चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत व समस्या के समाधान सहित फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए भी इस ऐप की मदद ली जा सकती है उन्होंने कहा कि जिले में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा व मतदान में सहभागिता यानि स्वीप गतिविधियों को बल देने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है मंडी उपायुक्त लाहौल स्पीति जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने कहा है कि सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए है केलंग में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं चौधरी ने कहा घाटी में बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों की बहाली के बाद स्वीप अभियान चला कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा बैठक में सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमर नेगी भी मौजूद रहे वहीं मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने सभी अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा है मंडी में आज एक बैठक में उन्होंने आचार संहिता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने सभी पात्र युवाओं से संबंधित मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोटर कार्ड बनाने का आग्रह किया है इस बीच निर्वाचन विभाग द्वारा युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनाने और स्वीप गतिविधियों के तहत आज से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है

दुषित जल जल प्रबंधन निगम शिमला के प्रबंध निदेशक धर्मेद्र गिल ने कहा है कि शिमला शहर के न्यू शिमला इलाके में लोगों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है उन्होंने कहा कि न्यू शिमला इलाके में पेयजल सैम्पल फेल होने संबंधी सूचना मिलने पर निगम ने इसकी जांच फिर से करवाने के निर्देश दिए है

वहीं नगर निगम शिमला महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि पिछले कई दिनों से हुई भारी वर्षा और बर्फबारी से पेयजल में गाद की मात्रा अधिक होने की आशंका है जिसकी जांच की जा रही है

केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि हिमखंड गिरने से क्षेत्र में सड़क बहाली का कार्य भी प्रभावित हो रहा है सड़क संचार और विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चिमरेट पंचायत के लोगों ने क्षेत्र में बिजली और संचार व्यवस्था को जल्द बहाल करने की सरकार से मांग की है वहीं पट्टन घाटी के नौ पंचायत प्रधानों ने इलाके में सड़क बिजली व संचार व्यवस्था ठप्प होने के संबंध में आज जिला उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी को एक ज्ञापन भी सौंपा उधर चंबा ज़िले में जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शुण पंचायत में बर्फबारी के कारण पिछले पांच महीने से सड़कें अवरूद्व हैं जिससे लोगों खासतौर पर विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पंचायत प्रधान शिवदासी ने सरकार से इलाके में सड़कों को जल्द बहाल करवाने का आग्रह किया है ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके

पहली उड़ान भूंतर किलाड़ चम्बा दूसरी चम्बा किलाड़ चम्बा और तीसरी उड़ान चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच होगी यह सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी चम्बा डीसी चम्बा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया है कि इसी कड़ी में आज हेलिकॉप्टर के माध्यम से सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पांगी के लिए दो प्रशिक्षण ईवीएम और वीवीपैट मशीने भेजी गई इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जनजातीय क्षेत्र भरमौर के लिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के खर्चों पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीपी सिंह ने भरमौर में आज एक बैठक में बताया कि आयोग ने चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की है उन्होंने कहा कि हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तीन फ्लाइंग स्क्वायड भी गठित की गई है राघव शर्मा कांगड़ा जिले में सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया है कि दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की थीम सुलभ चुनाव रखी गई है और जिले में भी इसे प्राथमिकता दी गई है राघव शर्मा ने कहा कि इस बार दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर सेवाएं भी ली जाएगी पर्यावरण ऊना के एसडीएम सुरेश जसवाल ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने का आहवान किया है ऊना में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पॉलिथीन वातावरण को प्रदूषित करने सहित पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है सुरेश जसवाल ने कहा कि प्रदेश में पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के बाहर से आने वाले पॉलिथीन पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए उन्होंने ग्रामीण स्तर पर लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के बारे जागरूक किए जाने की जरूरत भी बताई